भाजपा ने आज शाम को बुलाई विधायक दल की बैठक विधानसभा में सरकार को घेरने की बनाएगी रणनीति मुख्यमंत्री कमलनाथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कल करेंगे जन अधिकार कार्यक्रम की शुरुआत

विधानसभा सत्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है

वहीं विपक्ष की ओर से कर्ज माफी बिजली कटौती अधिकारी कर्मचारियों के तबादले सहित कई मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा

बेटी वृक्ष और शिक्षक शीर्षक से लिखे इस ब्लॉग में श्री मोदी ने जल संरक्षण की सदियों पुरानी प्रक्रिया की चर्चा की है प्रधानमंत्री ने इस ब्लॉग के माध्यम से अपनी खुशी साझा करते हुए वृक्षारोपण के बारे में उनका ट्वीट पसंद करने के लिए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है उन्होंने इस पहल के प्रति लोगों की उत्सुकता का भी स्वागत किया है श्री मोदी ने जल संरक्षण और बागवानी से जुड़ी उस परंपरागत तकनीक का जिक्र किया है जिसमें पानी से भरे एक गमले में पौधा लगाया जाता है इससे पौधे के लिए प्राकृतिक रूप से ड्रिप सिंचाई को बढावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में सौराष्ट्र में वेरावल क्षेत्र के एक शिक्षक की दिल को छू लेने वाली कहानी साझा की है उन्होंने पेड़ उगाने के लिए स्कूल शिक्षक के अनूठे प्रयोग और वृक्षारोपण के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के तरीके की भी सराहना की है प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से घर में बर्तन धोने के बाद बचे पानी से पौधों की सिंचाई करने का आग्रह किया है पीसी शर्मा जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने न्यू मार्केट को सर्व सुविधायुक्त आदर्श बिजनेस जोन बनाने का आश्वासन दिया है श्री शर्मा ने कल देर शाम को न्यू मार्केट में प्रबंधन संबंधी समस्याओं को लेकर न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों नगर निगम स्मार्ट सिटी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को साथ बैठक की बैठक के दौरान न्यू मार्केट में व्यापार संबंधी सुविधाओं व्यवस्थाओं बाजार के सौन्दर्यीकरण और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई तोमर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ग्वालियर के तानसेन रोड पर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय को अब मॉडल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह विकसित किया जायेगा इसके लिये प्रदेश सरकार से भी हर संभव सहायता मुहैया कराई जायेगी श्री तोमर कल यहां कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय का निरीक्षण करने पहॅचे थे उन्होंने चिकित्सालय का अवलोकन किया और विधायक निधि से अस्पताल को एक एम्बूलेंस भी देने की घोषणा की इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि उनके क्षेत्र में आने वाले इस चिकित्सालय को मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने का उनका संकल्प है इससे यहां आने वाले प्रत्येक श्रमिक और उनके परिजनों को इसका लाभ मिलेगा अस्पताल के आधुनिकीकरण से यहां के पचास हजार से अधिक श्रमिक लाभांवित होंगे जन अधिकार कार्यक्रम जनता की समस्याओं शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य सरकार जन अधिकार कार्यक्रम कल से शुरू करेगी मुख्यमंत्री कमल नाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रति मंगलवार को होगा इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रू ब रू होकर मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतों का समाधान करेंगे मुख्यमंत्री कल मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है नये कार्यक्रम की मूल अवधारणा प्रदेश की जनता की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण होना उनका अधिकार है इमरती देवी महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि आदिवासियों के हक को पहुंचाने का प्रयास हर स्तर पर किया जाना चाहिए साथ ही महिला सशक्तीकरण की दिशा में कई प्रकार के कदम उठाये जा रहे है इमरती देवी ने कल श्योपुर जिले के विकास खण्ड विजयपुर के खुर्रका बडौदाकलां शिवलालपुरा अगरा गोलीपुरा गांव में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान यह बात कही उन्होंने पिछले दिनों इन गांवों में हई बच्चों की मृत्यू पर भी परिजनों से चर्चा की साथ ही उन्होंने गांवों के आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया साथ ही केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं और पोषण आहार का जायजा लिया

रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवीसदानंद गौडा ने बताया कि उर्वरक सब्सिडी आवंटन बढ़ने से किसानों को लाभ होगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है

वहीं भोपाल इंदौर होशंगाबाद और उज्जैन संभाग में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है वर्षा के चलते कल गुना विदिशा अनूपपुर झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा है खंडवा जिले में हो रही लगातार बारिश से ऑकारेश्वर बांध के छह गेट खोल दिये गये हैं श्योपुर जिले में सीप नदी पर बना बंजारा डेम भी लबालब भर गया है किकेट क्रिकेट विश्वकप के पहले सेमीफाइनल में कल मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत का मुकाबला न्यूवजीलैंड से होगा भारत ने श्रीलंका को सात विकेट से हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया जबकि न्यूजीलैंड अंक तालिका में चौथे स्थान पर है

अभियान की समीक्षा के लिए कल कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक ली